और बिहार के नव नियुक्त राज्यपाल फागु चौहान कल लेंगे शपथ

प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे बाईट प्रधानमंत्री बाढ़ के संकट में घिरे उन सभी लोगों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का काम बहुत तेज गति से कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने जल संरक्षण का जो आहवान किया था उसका बडे पैमाने पर स्वागत हुआ है उन्होंने कहा कि लोगों ने पारंपरिक तरीको से जल संरक्षण की जानकारी साझा की है और मीडिया ने भी कुछ अभिनव प्रयोगो को लोगों के सामने पेश किया है

वो भी शुद्ध देसी तरीका इससे ना केवल मिट्टी का कटाव और फसल की बर्बादी रुकी है बल्कि खेतों को भी पानी मिल रहा है ग्रामीणों का ये श्रम दान अब पूरे गाँव के लिए जीवन दान से कम नहीं है प्रधानमंत्री ने सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के जल संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच साल पहले शुरू किया गया स्वच्छता अभियान अब तेजी पकड़ च्रका है ये कार्यक्रम अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ रहा है श्री मोदी ने वर्ष दो हजार उन्नीस को अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए एतिहासिक बताते हुए आशा व्यक्त की कि चंद्रयान मिशन विज्ञान और नवाचार में युवाओं को प्रेरित करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब उत्सुकता पूर्वक सितंबर माह की प्रतीक्षा कर रहा है जब लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एप पर पुस्तकों के बारे में एक स्थायी बुक कॉर्नर निर्धारित करने का विचार रखा ताकि लोग पढ़ी हुई पुस्तकों के बारे में चर्चा कर सकें

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम लोगों के दिल को छू रहा है और अब यह घर घर की बात बन गया है उन्होंने आज पुणे में आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि बाईट जावडेकर क्योंकि अब ये एक भी हर महीने का त्यौहार बना है ये दिल की बात है ये घर की बात है और इसमें इन्होंने किताबें पढ़ने के बारे में जल संरक्षण के बारे में जल संचय जल सिंचन जल की बचत एक बहुत ही अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया कैंसर से लड़कर वो जीते हैं मन में अगर जिद्द है तो कुछ भी कर सकते हैं तो वो खिलाड़ी भी कैसे बने हैं खिलाड़ी ये बात बताई

प्रधानमंत्री का ये जो मन की बात प्रोग्राम है खुल कर अपनी आत्मा से सब कुछ बोलते हैं बहुत ही अच्छा दिल खोलकर बात करते हैं ऐसा लगता है कि वो हमारे फ्रेंड है और हम फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं हायाघाट रेलवे स्टेशन के पास बागमती नदी पर बने रेल पूल पर बाढ़ के पानी के भारी दवाब के कारण दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर गाड़ियों की आवाजाही बाधित हो गयी है रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच कर हालात का जायजा ले रहे हैं पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि बाढ़ के कारण इस रेलखंड पर आज चार एक्सप्रेस गाड़ियों सहित दस ट्रेनें रद्द रहीं बिहार सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस समेत चार प्रमुख ट्रेनों का परिचालन दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते किया जा रहा है जबकि बारह गाड़ियों के फेरे में कमी की गयी है वहीं कल जयनगर से खुल कर आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली ट्रेन जयनगर की जगह बरौनी से खुलेगी दरभंगा सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार बागमती कमला बलान और अधवारा समूह की नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर कह रही है राज्य के तेरह जिलों में पचासी लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है प्रदेश में बाढ़ से अब तक एक सौ सत्ताईस लोगों की मौत हो चुकी हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लगभग नौ सौ जवान बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव के काम में जुटे हैं केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर आज समस्तीपुर में खतरे के निशान से अड़तालीस सेंटीमीटर और रोसड़ा में एक सौ सत्रह सेंटीमीटर ऊपर था इन दोनों स्थानों के जलस्तर में कल दोपहर दो बजे तक क्रमशः दस और सत्रह सेंटीमीटर कमी की संभावना है बागमती नदी का जलस्तर रून्नीसैदपुर में खतरे के निशान से दो सौ पांच सेंटीमीटर बेनीबाद में सैंतीस सेंटीमीटर और हायाघाट में निन्यानवे सेंटीमीटर ऊपर था अधवारा समूह नदी का जलस्तर एकमीघाट में खतरे के निशान से चौरानबे सेंटीमीटर ऊपर था कोसी नदी बलतारा में खतरे के निशान से एक सौ पच्चीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी इसके जलस्तर में कल सुबह छह बजे तक ग्यारह सेंटीमीटर की कमी होने की संभावना है वहीं महानंदा नदी का जलस्तर ढेंगरा घाट में खतरे के निशान से छप्पन सेंटीमीटर ऊपर था बिहार के नव नियुक्त राज्यपाल फागु चौहान कल शपथ ग्रहण करेंगे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही राजभवन के दरबार हॉल में उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे

हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी सहित अन्य मंत्रीगण ने राज्यपाल का स्वागत किया इससे पूर्व निवर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन को आज पटना हवाई अड्डे पर विदाई दी गयी लालजी टंडन को मध्यप्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है पूर्व केंद्रीय मंत्री और दरभंगा से राजद के पूर्व सांसद अली अशरफ फातमी आज अपने समर्थकों के साथ जदयू में शामिल हो गए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने पार्टी कार्यालय में आयोजित समारोह में पूर्व सांसद को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई इस अवसर पर अली अशरफ फातमी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन से प्रदेश का मान सम्मान बढ़ा है उन्होंने कहा कि वह पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में जदयू को आगे बढ़ाने का काम करेंगे वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि अली अशरफ फातमी के जदयू में शामिल होने से पार्टी मिथिलांचल में और मजबूत हुई है प्रदेश मे आज अलग अलग स्थानों पर तालाब और पानी भरे गड्ढे में ड्बने से तेरह बच्चों की मौत हो गयी सूत्रों के अनुसार सारण जिले के इसुआपुर थाना क्षेत्र के डोइला गांव के दस बच्चे तालाब में स्नान कर रहे थे इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने से सात बच्चों की डूबकर मौत हो गयी हालांकि तीन अन्य को स्थानीय लोगों ने बचा लिया वहीं शिवहर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में भी ड्बने से तीन बच्चों की मौत हो गई इधर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी और अररिया जिले में भी डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गयी राजद के पूर्व विधायक नैयर आजम का आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया वे मधुबनी जिले के पंडौल विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भाजपा विधायक रामप्रीत पासवान सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने नैयर आजम के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है वहीं मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता जयपाल रेड्डी के निधन पर भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें एक कर्मठ राजनेता और प्रख्यात समाजसेवी बताया है

और बिहार के नव नियुक्त राज्यपाल फागु चौहान कल लेंगे शपथ